कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोक शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापरक निस्तारण सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है

उन्होंने कहा कि लोक शिकायतों के निस्तारण का मुख्य आधार शिकायत कर्ता की संतुष्टि होना चाहिये इसके लिये शिकायत कर्ता से अनिवार्य रूप से फीड बैक प्राप्त किया जाये

इसके लिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में गेहूं खरीद की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है कल सांय लखनऊ में गेहूं खरीद की तैयारियों के बारे में समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिये संकल्पित है मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिये अधिक समय का इंतजार न करना पड़े उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद केन्द्रों पर किसानों के बैठने और उनके लिये पेय जल की उचित व्यवस्था की जाये

हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पिछले एक वर्ष में काफी लोकप्रिय हुई है गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और लघु वित्त संस्थान के ऋण कल से सस्ते होने की उम्मीद है भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि आधार दर सात दशमलव आठ एक प्रतिशत होगी

पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आठ दशमलव सात छह प्रतिशत थी हर तिमाही के अंतिम कार्यदिवस पर रिजर्व बैंक अगली तिमाही के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पिनी और लघु वित्त संस्थान द्वारा कर्जदारों से ली जाने वाली ब्याज दर की घोषणा करता है यह पांच बडे वाणिज्यिक बैंकों की आधार दरों का औसत होती है प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है वहीं निर्वाचन आयोग गांव की सरकार के चुनाव को शांति और निष्पक्ष रूप से कराने के लिये प्रतिबद्ध है पुलिस विभाग कानून और व्यवस्था का पालन कराने की दिशा में सक्रिय हो गया है और राज्य में दागदार और चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने की आशंका वाले लोगों की तलाश कर उन्हें पाबंद कर रहा है

प्रदेश में आगामी पंचायती चुनाव के दौरान ड्यूटी पर लगाये गये दम्पत्ति में से एक को ड्यूटी से अवमुक्त रखा जायेगा आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार यदि सरकारी नौकरी में कार्यरत पति पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा चुनाव ड्यूटी स मुक्त रखने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र दिया जाता है तो उनके बच्चों की देखभाल के मददेनजर दोनों में से किसी एक को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त रखने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा इस आशय का पत्र सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है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

प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण में बढोत्तरी को देखते हुए पहली कक्षा से आठवीं तक के सभी विद्यालय चार अप्रैल तक बंद रखने का फैसला किया है इनमें सरकारी और निजी विद्यालय दोनों शामिल हैं राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को कोविड टीका लेने के दिन अवकाश मंजूर करने का भी फैसला किया है राज्य में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है कल एक उच्चस्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड अस्पतालों को पूरी क्षमता से संचालित किया जाये

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग का कार्य पूरी क्षमता से संचालित किया जाये और संदिग्ध मामलों में अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कराये जाये राज्य में फोकस टेस्टिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है

इसके अलावा टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्धप होगी

यदि किसी ने को विन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ब्रकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं होगी

हालांकि कई राज्यों में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या अचानक बढ़ रही है

दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने वाले उन यात्रियों की आज से कोविड जांच शुरू कर दी गई है जो ऐसे राज्यों से आ रहे हैं जहां कोविड के मामले बढ़ रहे हैं

नमूने देने के बाद इन यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर निकलने की अनुमति दी जायेगी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने आज पुराने वाहन के स्क्रैप के इस संबंध में मोटर वाहन कर में रियायत के मसौदा नियमों को प्रकाशित किया

इसके अंतर्गत गैर संचालित और कम संचालित हवाई अड्डों से उड़ानों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र राज्य सरकारें और हवाई अड्डा संचालक कुछ विमान कंपनियों को वित्तीय सुविधा प्रदान कर रहे हैं इन विमानों की यात्रा किफायती है